इसके अलावा हर साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिये लोन दिये जायेंगे जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेगी साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सश्क्त बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी विकासखंडो में कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित दिये गये वहीं अशोकनगर में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को हितलाम दिये गये रूस्तम सिंह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है इस सम्मेलन में प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह भी भाग लेंगे आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में होने वाले सम्मेलन में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहेंगे सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ गरीबों जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लोगों को बीमा सुरक्षा कवर दिलाने के लिये एमओयू भी हस्ताक्षरित होंगे योग दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आप को स्वस्थ्य रखने के लिये रोजाना व्यायाम करें एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ने अपने सुबह के व्यायाम एक वीडियो पोस्ट किया है

इसमें योग प्रशिक्षकों द्वारा आम लोगों को योगाभ्यास करवाया जायेगा

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर दे सकते हैं

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरपालिका अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के लिये निर्देश जारी किये हैं

साथ ही सामुदायिक सहयोग से शाला से बाहर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये रणनीति तैयार की जाये

प्रदर्शनकारी किसान कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी कर रहे हैं

यह कर्मचारी सातवें वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज विदिशा जिले के दौरे पर हैं